प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है योजना के पांच साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज सवेरे रांची पहुंची यह खेप विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंची एयरपोर्ट से राष्ट्रीय टीका वाहन से इसे सीधा नामकुम स्थित स्टेट वेयर हाउस पहुंचाया गया पहली खेप में झारखंड को सोलह हजार दो सौ वाइल वैक्सीन मिली है एक वाइल से दस लोगों को टीका दिया जा सकेगा यानी झारखंड में पहले फेज के लिए एक लाख बासठ हजार लोगों के लिए टीका केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है स्टेट वेयर हाउस से आज ही राज्य के दो अन्य रीजनल वेयर हाउस देवघर और पलामू भी भेज दिया गया स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉ अजीत प्रसाद ने बताया कि सबसे ज्यादा वैक्सीन रांची और सिंहभूम जिले को मिली है सोलह जनवरी को झारखंड समेत देश भर में एक साथ महाटीका अभियान की शुरुआत होगी इसके तहत झारखंड के एक सौ उनतीस केंद्रों पर टीका लगेगा हर केंद्र पर पहले दिन एक एक सौ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा पहले चरण में झारखंड में लगभग डेढ़ लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड के दौरान हर डर को त्याग कर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसका नतीजा है कि झारखंड कोविड से लड़ने में सफल रहा है अपने आवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के मन में किसी प्रकार की दुविधा न हो इसे दूर किया जाएगा उन्होंने कहा कि आज वैक्सीन की पहली खेप आयी है और पन्द्रह दिन बाद दूसरी खेप झारखंड आएगी

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और निकट भागीदारी का अभ्यास करें उन्होंने कहा कि कोविड के दो टीकों को आपात स्थिति में उपयोग का अधिकार दिया गया है

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशिल्ड टीके की एक करोड़ दस लाख खुराक दो सौ रुपये प्रति खुराक की दर से खरीदने का समझौता किया है

इस मामले में पुलिस ने सताइस लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गुप्ता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गयी इधर चतरा सदर थानाक्षेत्र से पुलिस ने पच्चीस किलो अफीम के साथ एक अंतर्राज्जीय तस्कर को गिरफ्तार किया है एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं बरामद अफीम की कीमत लगभग पच्चीस लाख रूपये बतायी जा रही है

इस दौरान वे रांची के अलावा छत्तीसगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक़मों में शामिल होंगे श्री अठावले कल सवेरे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ के जशपुर के लिए रवाना हो जाएंगे वहां वे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे केन्द्रीय मंत्री कल शाम छत्तीसगढ से वापस सड़क मार्ग से रांची लौटेंगे और अगले दिन पन्द्रह जनवरी को हवाई मार्ग से दिल्ली रवाना हो जाएंगे

इसे लेकर प्रशासन की ओर से छह केन्द्र बनाये गये हैं

न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है रविवार को जहां रांची का न्यूनतम तापमान जनवरी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सत्रह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था वहीं आज न्यूनतम तापमान नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार कल का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि उन्नीस जनवरी तक सवेरे घना कोहरा छाये रहने की संभावना और दिन में आसमान साफ रहेगा केन्द्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष बीस दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा पत्र सूचना कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और यह खबर पूरी तरह निराधार है देश के अनेक हिस्सों में आज फसलों की कटाई का त्यौहार मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहडी मकर संक्रांति पोंगल भोगाली बिहू उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये त्योहार हमारे समाज में प्रेम स्नेह और सौहार्द के बंधन को सुदृढ करते हए देश में समुद्धि और प्रसन्नता बढाएंगे उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार अच्छी फसल और समृद्धि के प्रतीक हैं प्रधानमंत्री ने सभी के लिए खूशी और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी कोन्द्र बंद नहीं किया जा रहा है इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हए प्रसार भारती ने कहा है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं

इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि घटनास्थल से शराब की बोतल और लेबल समेत अन्य सामग्री बरामद की है पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज डालटनगंज में पतंग उत्सव की शुरूआत की गयी मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर अरूणा शंकर और उपमहापौर राकेश सिंह ने उत्सव का उदघाटन किया लातेहार जिले की पुलिस ने हत्या की योजना बनाते सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है पूलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि अपराधी मगध कोल परियोजना में ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कंपनी के मैनेजर की हत्या की योजना बना रहे थे इस दौरान छापेमारी अभियान चलाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया लातेहार जिले की पुलिस ने बालूमाथ के सुदेश भोक्ता हत्याकांड में शामिल छह आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया